कोरोना वायरस के संकमण को देखते हुए राज्य के सभी स्कूल कालेजों में छुट्टी घोषित

राज्यपाल राज्यपाल लालजी टण्डन ने ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक छह मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है इनमें गोविन्द सिंह राजपूत तुलसीराम सिलावट इमरती देवी महेन्द्र सिंह सिसौदिया प्रद्यमन सिंह तोमर और डाक्टर प्रभुराम चौधरी शामिल हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ की अनुशंसा पर राज्यपाल ने यह कार्यवाही की है हटाये गये मंत्रियों के विभागों की जिम्मेदारी अन्य मंत्रियों को दे दी गई है विजयलक्ष्मी साधौ को महिला और बाल विकास गोविन्द सिंह को खाद्य और नागरिक आपूर्ति ब्रजेन्द्र सिंह राठौर को परिवहन सुखदेव पांसे को श्रम जीत पटवारी को राजस्व कमलेश्वर पटेल को स्कल शिक्षा तथा तरुण भनोत को स्वास्थ्य मंत्रालय की अंतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री ने आज राज्यपाल से मुलाकात की थी

ये सभी विधायक सिंधिया समर्थक माने जाते हैं और इन सभी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है हालांकि अभी तक उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किये गये हैं विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने आज इनमें से कुछ विधायकों को इस्तीफे के संबंध में उनका पक्ष जानने के लिए बुलाया था इन विधायकों की बैंगलुरू से भोपाल आने की खबरों को लेकर दिन भर राजनीतिक सरगर्मिया बनी रहीं हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि विधायक कब भोपाल आयेंगे रास नामांकन राज्यसभा की तीन सीटों के निर्वाचन के लिए नामांकन के अंतिम दिन आज भाजपा के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया सुमेर सिंह सोलंकी और रंजना बघेल ने भोपाल में अपना अपना पर्चा दाखिल किया श्रीमती बघेल ने डमी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन जमा किया है वहीं कांग्रेस की ओर से फूल सिंह बरैया और निर्दलीय प्रत्याशी रामदास दहीवाले ने रिटर्निंग आफीसर के समक्ष नामांकन पत्र जैमा किया इससे पहले कल कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर्चा दाखिल कर चुके हैं महिला स्वास्थ्य शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिला अधिकारी तथा कर्मचारियों की उचित देखभाल और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य माह का आयोजन किया जा रहा है

महाविद्यालय प्रवेश उच्च शिक्षा विभाग आगामी शैक्षणिक सत्र में सभी सरकारी और निजी महाविद्यालयों में एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित करेगा

मुख्यमंत्री ने कहा है कि परीक्षाओं को यथावत रखा जाए इसके साथ ही सिनेमा हाल भी बंद रखे जाने सहित ऐसे सभी आयोजनों और कार्यक्रमों को भी रोकने का प्रयास हो जहाँ बड़ी संख्या में नागरिक एकत्रित होते हों मुख्यमंत्री आज मंत्रालय में नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए देश में और विदेशों में जो कदम उठाए गए हैं और उसके बेहतर परिणाम भी मिले हैं उनका भी अनुसरण किया जाये मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती राज्य राजस्थान छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश से आने जाने वाले लोगों की भी स्क्रीनिंग करने को कहा बैठक में बताया गया कि संक्रमित और संदिग्ध रोगियों की जानकारी देने के लिए कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर स्थापित किया गया है

लोगों को जागरूक बनाने एवं बीमारी के लक्षण की जानकारी देने के लिए अपील के साथ रेडियो प्रोग्राम जिंगल पोस्टर और पम्पलेट का वितरण किया जा रहा है कोरोना फ्लेगशिप कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए सभी जिलों में इसे लेकर सतर्कता बरती जा रही है खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला कलेक्टर ने ओंकारेश्वर में आने वाले विदेशी पर्यटकों की जांच के निर्देश दिये हैं होशंगाबाद और जबलपुर जिलों में भी कोरोना वायरस को लेकर एहतियात बरता जा रहा है

आगर मालवा में नगर पालिका द्वारा कचरा संग्रहण वाहनो में लगे आडियो सिस्टम के माध्यम से जागरुकता संदेशों को प्रसारित किया जा रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया

रंगपंचमी रंगपंचमी के अवसर पर कल इंदौर में रंगारंग गेर निकाली जायेगी जो विशेष आकर्षण का केन्द्र रहेगी हमारे संवाददाता ने बताया कि पूरे मार्ग में लोगों को रंगों से सराबोर करने के लिए बौछार छोडी जाएगी

प्रशासन ने कोरोना वायरस के संकमण को देखते हुए सर्दी जुकाम के मरीजों से समारोह में शामिल न होने की अपील की है उधर रतलाम सहित पूरे मालवांचल में रंगपंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जायेगा यहां भी रंगारंग गेर निकाली जायेगी

ये प्रदर्शनी एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई